उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है और देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा जिसके वे प्रहरी हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया में गया है और सबको भारत की ताकत का पता चल गया है

इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक लेह पहुंचे इस दौरे भें उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे भी हैं चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अग्निम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रघानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी

यह क्षेत्र जन्सकार रेंज से धिरा है और सिन्धू नदी के तट पर है

कई अधिकारियो ने अपना नया कार्यभार ग्रहण भी कर लिया आज सुबह राजीव स्वरूप ने नये मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया इसके बाद भीडिया से बातचीत में श्री स्वरूप ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले चार माह में सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं हालातों को सामान्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है पदभार ग्रहण करने के बाद प्रशासन और पुलिस के कई उच्च अधिकारियो ने श्री स्वरूप से भिलकर उन्हें बधाई दी रोहित कुमार सिंह ने गुह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख शासन संचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया

मंत्रालय ने प्रस्तावित मसौदा नियमों के लिए लोगों और हितघारकों से सुझाव आमंत्रित किये हैं

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई कर देय नहीं है तो विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है

रिफण्ड की राशि सीधे करदाताओं के खाते में डाली गई है

इस दौरान शहर में आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंध से छूट दी गई है

उन्होंने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

इसके तहत प्रतापगढ जिले में रंगोली बनाकर लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया गया उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है सवाईमाधोपुर में पुलिस द्वारा जागरूकता पैदल मार्च निकाला गया जिला कलेक्टर नन्न मल पहाडिया और पुलिस अधीक्षक संधीर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया जिला कलेक्टर ने बताया कि आमजन को इस बीमारी के प्रति जागरूकक करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है

नये शिक्षा सत्र से निजी स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाएं आरटीई के दायरे से बाहर हो गए हैं अब निजी शिक्षण संस्थाओं में आरटीई के तहत कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा

आज कई स्थानों पर गर्मी और उमस से लोग परेशान रहें वहीं कहीं बारिश होने से लोगों को राहत मिली राजधानी जयपुर में दिनभर गर्मी और उमस रही वहीं शाम को मौसम खुशनुमा हो गया उदयपुर वूंदी में अच्छी बारिश के समाचार मिले हैं टोंक में हल्की ब्रंदाबांदी हुई